प्रदेश में कड़ाके की ठण्ड का दौर जारी फतेहपुर में पारा शून्य से साढै चार डिग्री सैल्सियस नीचे पहुंचा

उन्होंने महात्मा गांधी की मूर्ति पर प्रष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्वाजलि दी बाद में श्री गहलोत अपने कार्यालय पहुंचे आर पदभार संभाला मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर कांग्रेस घोषणा पत्र पर चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये

वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मुकेश कुमार शर्मा राजस्व मण्डल के अध्यक्ष बनाये गये है वहीं राजीव स्वरूप को गृह रक्षा और जेल का अंतिरिक्त मुख्य सचिव का प्रभार सौंपा गया है सुदर्शन सेठी वन पर्यावरण और खान विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव होंगें भाजपा सरकार में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव रही वीनू गुप्ता को सार्वजनिक निर्माण विभाग में लगाया गया है कुलदीप रांका मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव होंगे वहीं अजिताभ शर्मा को मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव बनाया गया है वसुंधरा सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव रहे राजीव स्वरूप को गृह विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है समित शर्मा अब नवीन जैन की की जगह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक होंगे

इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल अपने आवास पर मुख्य सचिव तथा कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की इसके बाद श्री गहलोत ने मुख्यमंत्री आवास का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिये

उर्वरक और रसायन मंत्री डी वी सदागोडा ने मेघवाल को आश्वासन दिया कि मंत्रालय जल्द ही यूरिया की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करेगा

वित्त राज्य मंत्री पी राधाकृष्णन ने बताया कि यह इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर सात दशमलव छह प्रतिशत रहने के कारण संभव होगा उन्होंने बताया कि प्रति व्यक्ति आय में पिछले तीन वर्षों में तीस प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है इधर वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार का राजकोषीय रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है और इस वर्ष भी राजकोषीय घाटा नियंत्रण में रहेगा

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के मनोनीत अध्यक्ष पीके दास ने बेंगलूरु में कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी प्रक्रियाएं मौजूदा वित्त वर्ष में ही लागू कर दी जाए और व्यवस्था में अपेक्षित बदलाव दिखाई दे

सटिक प्रक्षेपण सुनिश्चित करने के लिए ईंधन भरने की प्रक्रिया और अन्य परीक्षण किए जा रहे हैं यह भारी संचार सेटेलाइट रणनीतिक क्षेत्र में हाइटेक कम्युनिकेशन के लिए महत्वपूर्ण डाटा उपलब्ध करायेगा

मंत्रालय ने राज्यों को मानक संचालन प्रक्रिया जारी करते हुए कहा कि वाहन मालिक डिजिलॉकर और एम परिवहन ऐप जैसे मोबाइल ऐप से ड्राइविंग लाइसेंस पंजीकरण और बीमा प्रमाण पत्र दस्तावेज दिखा सकते हैं

स्वच्छता के लिये देशभर में नाम कमा चुके ड्रंगरपुर शहर में इस कदम से जहां एक ओर पर्यटकों की संख्या बढेगी वहीं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी ये एक मिसाल साबित होगा इन दिनों डूंगरपुर में निकटवर्ती गुजरात सहित देशभर से बडी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे है

कुछ महीनों पहले एक बाघ को भी यहाँ छोड़ा गया था

वहीं रणथम्भौर में भी बाघों के कुनबे बढने के बाद उन्हें विचरण के लिये नया इलाका मिल सकेगा गौरतलब है कि विश्व विरासत में शामिल गागरोन दुर्ग के पास स्थित दर्रा वन क्षेत्र का मुख्य द्वार भी गागरोन के पास ही है

राज्य की एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में पारा लुढककर जमाव बिन्दु से एक डिग्री नीचे पहुंच गया

उद्घाटन अवसर पर विद्यार्थियों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया और मशाल जलाकर खेल भावना की शपथ ली गई

इस मामले में पुलिस ने इन्दौर निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है

इससे एक ओर जहां गुजराती पर्यटकों को जैसलमेर से सीधा जोडा जा सकेगा वहीं लोगों को सस्ती विमान सेवा का भी विकल्प उपलब्ध हो सकेगा